प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा इस मंजूरी से स्वस्थ और कोविड मुक्त भारत का मार्ग होगा प्रशस्त

गाजियाबाद जिले के मुरादनगर में श्मशान घाट की छत गिरने से तेईस लोगों की मौत

भारत के केन्द्रीय औषध मानक नियंत्रक ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इण्डिया के कोविशील्ड और भारत बायोटैक के कोवाक्सिन को अनुमति देने की घोषणा की है औषधि महानियंत्रक वी जी सोमानी ने कल सुबह एक संवाददाता सम्मेलन में इसकी जानकारी दी कोविशील्ड को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनिका के साथ भारत में पुर्ण की प्रयोगशाला सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इण्डिया में विकसित किया गया है ब्यौरा हमारे संवाददाता से औषध महानियंत्रक ने बताया कि दोनों टीकों का आपात उपयोग के बारे में विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के बाद केन्द्रीय औष्य मानक नियंत्रण संगठन ने स्वीकृति प्रदान की उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी अनुमोदित नहीं किया जाएगा जिसमें तनिक भी सुख्या संबंधी चिंता की बात है

इसके साथ ही मैसर्स कैडिला हेल्थकेयर लिमिटेड के तीसरे चरण के क्लीनिकल परीक्षण की भी सिफारिश की

आनन्द कुमार आकाशवाणी समाचार दिल्ली प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि दोनों कोविड टीकों को मंजूरी दिये जाने से देश को तेजी से कोरोना मुक्त बनाने में मदद मिलेगी श्री मोदी ने देशवासियों और वैज्ञानिकों को बधाई देते हुए कहा कि यह कोरोना के विरूद्व संघर्ष में एक निर्णायक मोड़ है प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत में बनी दो वैक्सीन के आपातकालीन उपयोग की अनुमति प्रत्येक भारतीय के लिए गर्व का विषय है उन्होंने कहा कि इससे आत्मनिर्मर भारत के स्वप्न को साकार करने की दिशा में हमारे वैज्ञानिक समुदाय की सक्रियता का पता चलता है श्री मोदी ने कहा कि यह समय देश को कोरोना से मुक्त करने की दिशा में चिकित्सकों चिकित्सा कर्मियों वैज्ञानिकों पुलिसकर्मियों और सफाई कर्मियों सहित सभी कोरोना योद्वाओं के प्रति एक बार फिर से आभार व्यक्त करने का है प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना योद्वाओं ने विपरीत परिस्थितियों के बावजूद कई जानें बचाई हैं केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि दोनों वैक्सीन को मंजूरी दिया जाना एक बड़ी उपलब्धि है उन्होंने देश के इस गौरवशाली क्षण के लिए वैज्ञानिक समुदाय को धन्यवाद दिया है श्री शाह ने देश को कोरोना मुक्त बनाने की दिशा में किये गये प्रयासों के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रति आभार भी प्रकट किया केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने कहा है कि वैक्सीन को मंजूरी देना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतत्व में कोविड के खिलाफ देश की लड़ाई में महत्वपूर्ण क्षण है डॉ हर्षवर्धन ने कहा कि ये टीके हमारे कोरोना योद्वाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं केन्द्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी ने कहा कि स्वदेश में ही विकसित किए गए टीकों को आपात उपयोग की मंजूरी दिया जाना सभी के लिए गर्व की बात है श्री गडकरी ने कहा कि प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारे वैज्ञानिकों ने इतनी कम अवधि में यह सफलता हासिल की है

श्री योगी ने कहा कि विकास लोगों के जीवन में बदलाव लाता है और केन्द्र तथा राज्य सरकार लोगों का समग्र विकास कर रही है उन्होंने कहा कि विकास सरकार की प्राथमिकता है

उन्होंने कहा कि राज्य में लोगों को कोविड अस्पतालों में बिना किसी भेदभाव के बेहतर इलाज मुहैया कराया जा रहा है केंद्र सरकार और किसान संगठनों के बीच अगले दौर की वार्ता आज नई दिल्ली में होगी इससे पहले दोनों पक्षों के बीच छठे दौर की बातचीत के दौरान चार में से दो मुद्दों पर सहमति बनी थी पहला मृद्दा पर्यावरण से जुडे अध्यादेश पर जबकि दूसरा बिजली बिल से संबंधित था बैठक में कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने किसान नेताओं को आश्वस्त किया था कि सरकार उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए प्रतिबद्व है और दोनों पक्षों को सौहार्दपूर्ण पहल करनी चाहिए श्री तोमर ने किसान संगठनों को आश्वस्त किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य और मंडी व्यवस्था पहले की तरह जारी रहेगी मूख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रदेश का सर्वागीण विकास सरकार की पहली प्राथमिकता है और इस दिशा में सकारात्मक दृष्टिकोण और प्रतिबद्वता के साथ काम हो रहा है श्री योगी कल गोरखपुर में गोरखपुर शहर गोरखपुर ग्रामीण पिपराइच और चौरी चौरा विधानसभा क्षेत्र से संबंधित पांच सौ अस्सी करोड़ रूपये लागत से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने के बाद लोगों को सम्बोधित कर रहे थे उन्होंने कहा कि राज्य में पिछले चार वर्षों से हो रहे विकास से लोगों की धारणा बदली है उन्होंने कहा कि उद्यमी व्यापारी और फिल्म उद्योग से जुड़े लोग सुरक्षा के विश्वास के साथ प्रदेश में निवेश की इच्छा ज़ाहिर कर रहे हैं श्री योगी ने कहा कि उनकी सरकार सभी वर्गों के कल्याण और हितों की रक्षा के प्रति गंमीर है और इस दिशा में निरंतर काम कर रही है उन्होंने कहा कि नवयुवकों को प्रतियोगी परीक्षाओं की निशुत्क कोचिंग के लिए सॉफ्टवेयर तैयार कराया जा रहा है और जल्द ही आईएएस और आईपीएस परीक्षाओं की तैयारी के लिए इसे उपलब्ध कराया जायेगा ताकि युवकों को अपने शहर से बाहर न जाना पड़े मुख्यमंत्री ने कहा कि गोरखपुर में जल्द ही फोर लेन के बीच पिलर बनाकर मेट्रो ट्रैक बनाया जायेगा समारोह में स्थानीय सांसद रवि किशन शुक्ल महापौर सीताराम जायसवाल सहित ज़िले के कई विधायक और जनप्रतिनिधि मौजूद थे गाजियाबाद जिले के मुरादनगर में श्मशान घाट की छत गिर जाने से तेईस लोगों की मौत हो गई जबकि पन्द्रह लोग घायल हो गए हैं पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह दुर्घटना उस समय हुई जब श्मशान घाट पर अपने परिजन का अंतिम संस्कार करने के लिए बडी संख्या में लोग पहुंच गए थे राहत और बचाव कार्य के लिए राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को लगाया गया था मेरठ मंडल की आयुक्त श्रीमती अनिता मेश्राम ने कहा कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना पर दुख व्यक्त किया है और मृतकों के परिजन को दो दो लाख रुपये की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है मुख्यमंत्री ने मेरठ मंडल के आयक्त और जोन के पूलिस अपर महानिदेशक को मौके पर जाकर जांच करने और विस्तृत रिपोर्ट देने को कहा है जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक गाजियाबाद से स्पष्ट कर दिया है कि ये राहत कार्य में घायलों को तत्काल उपचार कराने के साथ ही इस प्रश्न घटना की रिपोर्ट वे तत्काल प्रदेश शासन को उपलब्ध करवा दें जिससे इस दुखद घटना के पीठे के कारणों को जाना जा सके और राज्य सरकार सभी पीडित परिवारों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है हर संगव सहायता उन पीडित परिवारों को राज्य सरकार करेगी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है श्री कोविंद ने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की है प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार राहत कार्य में लगी हुई है उन्होंने मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है प्रदेश की राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने भी इस दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है

प्रदेश के अपर मुख्य सचिव चिकित्सा और स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने यह जानकारी कल लखनऊ में प्रेस प्रतिनिधियों को दी उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक कुल दो करोड़ तैंतालीस लाख अड़तालीस हजार सात सौ सतहत्तर नमूनों की जांच की जा चुकी है